प्रधानमंत्री नरेन्द्र मादी कल रायबरेली और प्रयागराज के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री पहले रायबरेली आयेंगे और वहां लालगंज की मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में उत्पादित नौसवें रेल डिब्बे तथा हमसफर ट्रेन कोचों को हरी झंडी दिखा कर रवाना करेंगे

वर्तमान वर्ष के दौरान रेल कोच फैक्ट्री में एक हजार चार सौ बाईस कोच बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है

एक सौ सैंतीस किलोमीटर लम्बे इस खंड के चौड़ीकरण के कार्य में करीब पांच अरब अट्ठावन करोड़ रूपये की लागत आई है इसके बाद श्री मोदी प्रयागराज जायेंगे तथा वहां कुंभ मेला के तीर्थयात्रियों के लिये विभिन्न सुविधाओं से संबंधित चार हजार करोड़ से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे श्री मोदी अगले वर्ष हाने वाले कुंभ मेले के लिये संगम पर चल रही तैयारियों का जायजा भी लेंगे इसके बाद वह कुंभ मेला स्थल के पास झूसी के अंदावा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे इससे पहले प्रधानमंत्री अरैल में संगम पर गंगा पूजन और मेला स्थल के पास स्थित किले में अक्षय वट का दर्शन भी करेंगे

प्रधानमंत्री मेले के दौरान कानून व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिये बने एकीकृत कमान और नियंत्रण केन्द्र आईसीसी का उद्घाटन करेंगे श्री मोदी बमरौली हवाई अड्डे न्यू टर्मिनल की बिल्डिंग का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर रायबरेलो और प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं कुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिये केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह सत्तर से अधिक देशों के राजनयिकों के साथ आज प्रयागराज पहुंचे इनमें कई इस्लामिक देशों के राजनयिक भी शामिल थे सभी राजनयिकों का स्वागत किया गया इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी लगायी गई जिसके माध्यम से मेहमानों को क्रंभ और प्रयागराज की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों की जानकारी दी गई

श्री जेटली ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अब काफी लचीलापन और मजबूती है कल नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की की वार्षिक आम बैठक में श्री जेटली ने कहा कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य तीन दशमलव तीन प्रतिशत रखेगी

श्री शुक्ल ने यह भी स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की एटीएम बंद करने की कोई योजना नहीं है

यूवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्दधन राठौड़ ने कहा है कि देश में खेल कूद के माहौल में काफी बेहतरी आई है कल नई दिल्ली में अखिल भारतीय पुलिस खेल कूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में श्री राठौड़ ने कहा कि सरकार की खेलो इंडिया योजना से देश में क्रांति आ गई है उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत हर साल एक हजार युवा खिलाडियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज का क्रंभ समाजिक समरसता का एक सशक्त उदाहरण है जहां सभी वर्ग पंथ सम्प्रदाय और भाषा के लोग एक साथ संगम में डूबकी लगाते हैं

उन्होंने कहा कि प्रयागराज के संगम तट पर स्थित किला आस्था श्रद्धा और भक्ति का केन्द्र रहा है कुंभ के दौरान यहां मौजूद अक्षयवट वक्ष श्रद्धालुओं के दर्शन के लिये खोल दिया जायेगा

कल केन्द्रीय मंत्री थॉवर चन्द्र गहलोत समरसता कुंभ का समापन करेंगे प्रदेश में दो अलग अलग दुर्घटनाओं में छह लोगों की मौत और एक अन्य घायल होने की खबर है हाथरस जिले के सिकन्दराराऊ इलाके के कोरा गांव में एक सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया यह हादसा उस समय हुआ जब कार सवार एक परिवार शादी समारोह से लौट रहा था तभी रास्ते में उनकी कार पेड़ से टकरा कर पलट गई और कार में आग लग गई वहीं पीलीभीत जनपद के माधोटांडा थाना क्षेत्र में बिजली के शार्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई जिससे दो मासूमों की जलकर मौत हो गई कृतज्ञ राष्ट्र देश के पहले गहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज उनकी पूण्य तिथि के अवसर पर श्रद्धाजलि दे रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्य तिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है

सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रंद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश उनके अमूल्य योगदान का सदा ऋणी रहेगा राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्य तिथि के अवसर पर लखनऊ के जीपीओ पार्क स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धाजंलि अर्पित की

राज्यपाल ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने जिस कुशलता से रियासतों को विलय करने का काम किया वह अभूतपूर्व था इसके कारण ही आज हम एक बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में विश्व में पहचान बना पाये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल को श्रद्वाजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारत की एकता एवं अखण्डता के लिये देश के सभी नागरिक इस महान सपूत का सदैव स्मरण करते रहेंगे उन्होंने कहा कि पटेल ने अपनी द्रढ़ इच्छाशक्ति से देश को एकता के सूत्र में पिरोने का जो कार्य किया है उससे गौरव की अनुभूति होती है उन्होंने कहा कि महापुरूषों के व्यक्तित्व और कृतित्व से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने निर्देश दिये हैं कि आगामी ग्रीष्म ऋतु में लखनऊवासियों को बेहतर बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाये सभी का चौबीस घंटे बिजली मिले इसके लिये कार्य योजना बनाकर सभी कमियों को इकतीस जनवरी दो हजार उन्नीस से पहले हर हाल में दुरूस्त कर लिया जाये

उन्होंने बैठक में निर्देश दिये कि लखनऊ शहर में बांस बल्ली के माध्यम से बिजली सप्लाई वाले इलाकों की पहचान कर इकतीस मार्च दो हजार उन्नीस से पहले पोल लगाये जाये जहां भी जरूरी हो वहां ट्रांसफार्मर एवं उपकेन्द्र की क्षमता में वृद्धि कर लो वोल्टेज की समस्या खत्म की जाये ऊर्जा मंत्री ने लाइन लास पन्द्रह फीसदी लाने के लिये विद्युत चोरी पर पूरी तरह काबू करने और उपकेन्द्रों की नियमित मानिटरिंग करने के भी निर्देश दिये इस वर्ष के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए अंग्रेजी के जाने माने लेखक अमिताभ घोष को चुना गया है अपने उपन्यासों में श्री घोष ने इतिहास को आधुनिक युग के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत किया है उनके मशहूर उपन्यासों में शैडो ऑफ लाइन्स द ग्लास पैलेस रिवर ऑफ स्मोक्स और फ्लड ऑफ फॉयर शामिल हैं श्री घोष को पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है